विश्व यूवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्च्यअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यभिता मंत्रालय ने किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज ही के दिन पांच वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था इसके तहत देशभर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा आईटीआई संस्थानोँ की क्षमता बढ़ाई गई है नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया राज्यपाल इस बीच शिमला स्थित राजभवन में राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य कौशल विकास निगम द्वारा वैबिनार का आयोजन किया गया इस अवैसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कौशल विकास निगम के विद्यार्थियों से बातचीत की उन्होंने युवाओं के कौशल विकास और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण पर बल दिया राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलें में जनशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए जिनके माध्यम से युवाओं का कौशल विकास हो सके इस अवसर पर उद्योगमंत्री विक्रम ठाकूर ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है और कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से लौटे युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल रजिस्टर पोर्टल शुरू किया गया है

अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि तुत्तूपाणी में ग्रेडिंग वर्ष पैकिंग केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिससे बागवानों को घॅर द्वार पर सुविधा मिर्लेगों उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र में अनेक उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं का निर्मोण किया जा रहा है जिससे हजारों लोगों को नल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी मुख्यमंत्री ने बताया कि सब की दुलाई और इसे मण्डी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने करोड़ो रूपए की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया सांसद सुरेश कश्यप ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया स्मार्ट फोन इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में आशा कार्यकर्ताओं को निशुल्क स्मार्ट फोन वितरित किए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन के माध्यम से आशा कार्यकर्ता हिम आरोग्य टीबी मुक्त हिमाचल ऐप्प आरसीएच पोर्टल जैसी ऐप्प का प्रयोग कर सकेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा चलाए गए एक्टिव केस फाईडिंग अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है उन्होंने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने के दौरान सरकार सभी आशा कार्यकर्ताओं को दो हजार रूपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राँशि दे रही है जयराम ठाकूर ने होम क्वारंटीन नियमों को सख्ती से लागू करवाने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को सराहा

आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सोलन व नालागढ़ वन मण्डलों के कार्यो की समीक्षा की वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले की ध्रंदला पंचायत से पंचवटी योजना का शुभारम्भ किया

वीरेन्द्र कवर ने कहा कि प्रत्येक पार्क में अत्याध्रनिक व्यायाम व मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे

इनमें बिलासपुर सोलन और ऊना में तीन तीन कांगड़ा व शिमला में दो दो और किन्नौर जिले में एक नया मामला आया है